आकाशवाणी पर अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि आधुनिक युवा व्यवस्था पर भरोसा करता है और उन्हें अराजकता अव्यवस्था अस्थिरता परिवारवाद जातिवाद अपना पराया स्त्री पुरूष जैसे भेदभावों से चिढ़ है और वो इसको पसंद नहीं करते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी यह पीढी बहत ही प्रतिभाशाली है क्छ नया करने का अलग करने का उसका ख्वाब रहता है मैं कहना चाहूंगा कि इन दिनों युवाओं को हम देखते हैं कि वे व्यवस्था पसंद करते हैं वे इसे मानते भी हैं और कमी कहीं इसका पालन नहीं होता है तो वे बैचेन भी हो जाते हैं और हिम्मत के साथ सवाल भी करते हैं स्वामी विवेकानंद का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत में अगला दशक न केवल युवाओं के विकास का होगा बल्कि युवाओं के सामर्थ्य से देश का विकास करने वाला भी साबित होगा और भारत को आधुनिक बनाने में इस पीढ़ी की बहुत बढ़ी भूमिका होगी धायक निलंबित बहुजन समाज पार्टी ने मध्यप्रदेश विधानसभा में दमोह जिले की पथरिया विधानसभा से विधायक रामबाई परिहार को नागरिकता संसोधन कानुन का समर्थन करने के कारण पार्टी से निलंबित कर दिया है यह जानकारी बसपा की अध्यक्ष मायावती ने आज ट्वीट के जरिए दी उन्होंने कहा कि बसपा अनुशासित पार्टी है और इसे तोडने पर पार्टी के सांसद और विधायक आदि के विरूद्व भी तुरन्त कार्यवाही की जाती है विधायक रामबाई पर पार्टी कार्यक्रम में भाग लेने पर भी रोक लगा दी गई है वहीं रामबाई ने अपने निलंबन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वे मायावती और पार्टी के साथ थी हैं और रहेंगी उन्होंने कहा कि मुझसे अगर कोई गलती हुई है तो में अपने शब्द वापस लेती हूं मंत्री पटेल बयान केन्द्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून का अध्यादेश संसद से पारित होने के बावजूद इसका विरोध करना देशद्रोह जैसे संगीन अपराध से कम नहीं है

ढ़ाई साल तक यह चर्चा में रहा और इसके बाद इसे लागू किया गया है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

सड़क हादसे छिंदवाड़ा जिले में अलग अलग द्वर्घटना में चार लोगों की मौत हो गई है पुलिस की जानकारी के अनुसार कल रात उमरिया गांव के पास एक खड़े ट्रक से बाईक सवार के टकरा जाने से उसकी मौत हो गई वहीं सिंगोड़ी पुलिस चौकी के अंतर्गत अज्ञात वाहन की टक्कर से बाईक पर बैठे एक पचास वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई इसके अलावा सोंसर तहसील के मोहगांव थानांतर्गत जोबनडेरा गांव के समीप कल दो बाईकों की सीधी टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि पांढुर्णा में दो बाईको के टकराने से एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई इन सभी घटनाओं में चार व्यक्ति घायल भी हुए हैं मौसम ठंड प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है प्रदेश के ज्यादातर हिस्से शीतलहर की चपेट में है मंडला जिले के कान्हा नेशनल पार्क में तापमान शन्य डिग्री पर आ गया है उमरिया जिले में कडाके की ठंड और शीतलहर चलने के कारण न्यूनतम तापमान एक दशमलव तीन पर पहुंच गया है अनूपप्र सहित कई स्थानों में कार के शीशे और ऊपरी सतह के साथ फूल पत्तियों तथा धान के पूआल में ओस की सफेद परत जम गई और जलस्रोतों के समीप सफेद चूना की परत जैसे बर्फ की चादर देखी जा रही है टीकमगढ़ में एक दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस तापमान रहा हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि कड़ाके की ठंड से सिवनी नरसिंहपुर मुरैना अनुपपुर बड़वानी रायसेन और रतलाम जिले में भी फसलों पर ओस जम गई है राज्य के मालवा निवाड़ बुंदेलखण्ड ग्वालियर चंबल महाकौशल सहित भोपाल संभाग के ज्यादातर हिस्सों में शीतलहर चल रही है मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में ठण्ड से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई है